श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया

प्रखंड स्तर पर क्वारेंटिन सेंटर फिर शुरू करने के दिये निर्देश

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की पीड़ितों से मुलाकात और पटना समेत प्रदेश भर में मौसम शुष्क

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं चाहें वो कृषि कानूनों के बारे में हो नागरिकता संशोधन कानून के बारे में हो या श्रम कानून के बारे में हो भारतीय जनता पार्टी के इकतालीसवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही

इसका मतलब है देश में राजनीति अस्थिरता पैदा करना इसलिए देश में तरह तरह की अफवाएं फैलाई जाती हैं भ्रम फैलाएं जाते हैं झूठ फैलाया जाता है

श्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है श्री मोदी ने कहा कि पार्टी ने अनुच्छेद तीन सौ सत्तर रद्द करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है बिहार में भी भाजपा के स्थापना दिवस पर पटना सहित पार्टी के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने झंडोत्तोलन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रखंड स्तर पर क्वारेंटिन सेंटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं आज कोविड उन्नीस से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में अधिक से अधिक टेस्टिंग करने की बात कही वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जनों ने भाग लिया इस दौरान अधिकारियों को संक्रमण के कारणों का विशलेषण करने के साथ ही पिछली बार के अनुभवों के आधार पर रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं

पिछले चौबीस घंटों के दौरान संक्रमण के नौ सौ पैंतीस नये मामले सामने आये हैं इनमें सबसे अधिक चार सौ बत्तीस मामले पटना से हैं इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार एक सौ तैंतालीस हो गयी है

इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक एक हजार पांच सौ छियासी लोगों की मौत हुई है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं श्री करोल को उपचार के लिए पटना एम्स में भर्ती किया गया है पटना एम्स के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गयी है कल रिकार्ड दो लाख सत्तासी हजार पांच सौ छिहत्तर लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये अब तक अड़तीस लाख दो हजार सतावन लोगों का टीकाकरण हो चुका है जिसमें तैंतीस लाख सत्रह हजार नौ सौ चार लोगों को पहली डोज जबकि चार लाख चौरासी हजार एक सौ तिरपन लोगों को दूसरी डोज दी गयी कोविड संक्रमण के नये मामले बढने के कारण देश में स्वस्थ होने की दर घटकर बानवे दशमलव चार आठ प्रतिशत रह गई है स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक एक करोड सत्रह लाख से अधिक रोगी इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं कोविड उन्नीस से बचाव को लेकर आज से देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू हो गया है यह अभियान चौदह अप्रैल तक चलेगा इसके तहत लोगों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के बारे में जानकारियां दी जा रही है प्रदेश में विभिन्न जिलों में लोगों को मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर देने के लिए जागरूक किया जा रहा है इसके लिए पंचायत और प्रखंड स्तर पर जागरूकता रथ चलाये गये हैं

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि डब्ल्यूएचओ ने ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की है ये खबर पूरी तरह निराधार और गलत है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने कहा है कि महात्मा गांधी का अहिंसा का मंत्र न केवल भौतिक रूप से बल्कि वैचारिक रूप से भी सार्थक है श्री नायडु गुजरात के दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक पर समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे

ये आज भी बहुत जरूरी है हम लोग आपस में एक दूसरे के बारे में आलोचना करते हुए या उल्लेख करते हुए प्रेमपूर्वक क्योंकि हमारा सब लोग भारत का नागरिक है भाई आरै बहन है राजनीति में एक दूसरे को प्रतिद्वंदी हो सकती है मगर शत्रु नहीं है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बारह मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया था

न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना देश के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की न्यायमूर्ति रमन्ना अगले वर्ष छब्बीस अगस्त तक प्रधान न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे वे सत्रह फरवरी दो हजार चौदह को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे न्यायमूर्ति रमन्ना आंध्रप्रदेश में किसान परिवार से हैं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में पिछले दिनों पांच लोगों की निर्मम हत्या मामले में बेनीपट्टी थाना के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह को निलंबित कर दिया गया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने इस बात की जानकारी दी है इधर एडीजी कानून व्यवस्था जितेन्द्र कुमार ने कहा है कि हत्याकांड के मामले में त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है कुछ आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गयी है विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदना जतायी श्री यादव ने पार्टी की ओर से पीड़ितों को पांच पांच लाख रूपये की सहायता राशि का चेक दिया उन्होंने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले जिले के आलाधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों का तबादला कर दिया है सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार कटिहार के जिलाधिकारी कवंल तनुज को स्थानांतरित कर सूचना जनसंपर्क विभाग का निदेशक बनाया गया है श्री तनुज अगले आदेश तक बिहार संवाद समिति के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे वित्त विभाग में अपर सचिव उदयन मिश्रा को स्थानांतरित कर कटिहार का डीएम बनाया गया है इधर मुजफ्फरपुर के आयुक्त मनीष कुमार को दरभंगा प्रमंडल के कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वहीं भारतीय पुलिस सेवा के दो अधिकारियों को भी भी स्थानांतरित किया गया है सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार का तबादला कर दिया गया है भोजपुर के एसपी हरकिशोर राय को सीतामढ़ी का नया एसपी बनाया गया है जबकि राज्यपाल के एडीसी राकेश दुबे को भोजपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है नवादा में जहरीरी शराब से मौत मामले के मुख्य आरोपी अरविंद यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

गौरतलब है कि पिछले दिनों जहरीली शराब पीने के कारण पन्द्रह लोगों की मौत हो गयी थी राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि अंशकालीन शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला किया है इसके साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति हेतु गठन होने वाले चयन समिति की संरचना में संशोधन और सेवा शर्त में आंशिक संशोधन को भी स्वीकृति दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इसके साथ ही कैबिनेट ने विभिन्न जिलों में संचालित बुजुर्ग आश्रय स्थलों में सुविधाओं के विकास के लिए सहायता राशि को बढ़ाने को भी सहमति दी है आज की बैठक में कुल आठ प्रस्ताव पारित किये गये हैं पूर्व मध्य रेलवे पटना और अहमदाबाद तथा मुजफ्फरपुर और सूरत के बीच स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अहमदाबाद पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन ग्यारह अप्रैल से प्रत्येक रविवार को अगले आदेश तक चलेगी वहीं सूरत मुजफ्फरपुर के बीच स्पेशल ट्रेन सोलह अप्रैल से चलायी जायेगी इन ट्रेनों के परिचालन से गुजरात के विभिन्न शहरो में काम कर रहे बिहार के कामगारों के लिए काफी सुविधा होगी राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना हुआ है हालांकि प्रबा हवा के प्रभाव के कारण प्रदेश भर के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की कमी आयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है

श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया

प्रखंड स्तर पर क्वारेंटिन सेंटर फिर शुरू करने के दिये निर्देश

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की पीड़ितों से मुलाकात और पटना समेत प्रदेश भर में मौसम शुष्क